तीस अक्टूबर से प्रभावी होगा आदेश

सिक्किम को एक पारी और एक सौ तेईस रनों से किया पराजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि दरभंगा में नये एम्स का निर्माण कार्य और हवाई अड्डे को जल्द शुरू किया जाएगा नई दिल्ली में आयोजित मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह में उन्होंने कहा कि दरभंगा पैलेस के पास खाली जगह पर एम्स का निर्माण होगा श्री नड्डा ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे का काम भी पूरा हो चुका है और जल्द ही मिथिलांचल के लोग दिल्ली मुम्बई बेंगलुरू समेत देश के अन्य शहरों का हवाई सफर कर सकेंगे उन्होंने कहा कि सरकार मिथिला भाषा के संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसमें भारत की संस्कृति की झलक मिलती है और यह सबका साथ सबका विकास वाली है राज्य सरकार के सभी विभागों में संविदा पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं को एक समान मानदेय मिलेगा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा को सरकार ने मंजूरी दे दी है यह आदेश इस वर्ष तीस अक्टूबर से प्रभावी हो गया है नये आदेश के अनुसार कनीय अभियंताओं को न्यूनतम सत्ताईस हजार और अधिकतम छत्तीस हजार रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा साथ ही अब अनुभव के आधार पर भी मानदेय में बढ़ोतरी की जायेगी महात्मा गांधी रोजगार गाटंरी योजना मनरेगा के तहत प्रदेश में लगाये गये पौधों की जांच होगी ग्रामीण विकास विभाग ने पौधे नहीं लगाये जाने की शिकायतों के बाद यह फैसला किया है विभागीय सूत्रों ने बताया कि इस बात की जांच होगी कि चालू वित्तीय वर्ष समेत पिछले चार सालों में कितने पौधे लगाये गये और उनमें से कितने जिंदा बचे जांच से यह बात भी स्पष्ट होगी कि पौधों की देख रेख के लिए नियुक्त वन पोषकों की टीम का इस अवधि के दौरान प्रदर्शन कैसा रहा कृषि विभाग द्वारा सत्ताईस नवम्बर से अनुमंडल स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण मेले का आयोजन किया जायेगा

उन्होंने बताया कि यह मेला मार्च महीने तक चलेगा पैक्स चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कल से नामांकन पत्र भरे जायेंगे राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार सुबह ग्यारह बजे से अपराहन तीन बजे तक प्रखंड कार्यालयों में नामांकन भरा जायेगा नामांकन की अंतिम तारीख अठाईस नवम्बर निर्धारित है उनतीस और तीस नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और दो दिसम्बर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जायेगा मतदान नौ दिसम्बर को होगा बिहार विश्वविद्यालय मूजफ्फरपूर के तहत संचालित पांच कृषि महाविद्यालयों में कृषि स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू होगी राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिया जिन कॉलेजों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू होगी उनमें नालंदा सहरसा पूर्णियां बक्सर और किशनगंज स्थित कृषि महाविद्यालय शामिल हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में नामांकन और रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर तीन सौ करोड़ रूपये की ठगी करने वाले पटना के तीन अभिय्क्तों के घर की कुर्की जब्ती की जायेगी इस मामले में फुलवारीशरीफ के एसएस मसरूल हक मनेर के विकास कुमार शास्त्रीनगर के राजेश कुमार और एसके पुरी के अभिषेक आनंद आरोपी हैं इन सभी की हत्या के एक मामले में भी तलाश है इस सिलसिले में कल नोएडा पुलिस की एक टीम ने फुलवारीशरीफ में मसरूल हक के घर पर पहुंचकर छानबीन की बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन विपक्ष के रूख को देखते हुये कार्यवाही के हंगामेदार रहने की सम्भावना है राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति भ्रष्टाचार बाढ़ सुखाड़ और जल जमाव के मुद्दे पर सरकार को घेरा जायेगा इधर पटना में कांग्रेस की हुई बैठक में जन वेदना मार्च पर हुये लाठीचार्ज को लेकर विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से बादल और हल्का कोहरा छाया हुआ है मौसम विभाग के अनुसार दिन चढ़ने के बाद धूप खिलेगी विभाग ने अपने पूर्वान्मान में कहा है कि अगले तीन से चार दिनों तक सुबह के समय ऐसी ही स्थिति रहेगी हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की सम्भावना नहीं है पटना और मुजफ्फरपुर में वायु प्रद्षण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है कल प्रदूषण के मामले में देश के चौरानवे शहरों में पटना और मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर रहा दोनों ही शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक तीन सौ बयासी दर्ज किया गया केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने पन्द्रह जनवरी के बाद ही स्थिति में सुधार की सम्भावना जतायी है प्रदेश भाजपा की ओर से उनतीस फरवरी को पटना के ज्ञान भवन में अप्रवासी बिहारी सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा पार्टी के वरिष्ठ नेता नीतीश मिश्र और एनआरआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल दत्त सिंह ने यह जानकारी दी सम्मेलन में पैंतीस देशों से अप्रवासी बिहारियों को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जायेगा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है कल पहले दिन विभिन्न पदों के एक सौ छब्बीस अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदे नामांकन भरने की अंतिम तिथि अठाईस नवम्बर तक निर्धारित की गयी है वंचित वर्ग की नव साक्षर महिलाओं के लिए आयोजित बुनियादी साक्षरता परीक्षा में चार लाख नब्बे हजार महिलाएं शामिल हुई जन शिक्षा निदेशक कुमार रामानुज ने बताया कि चार दिनों के भीतर कॉपियों की जांच कर ग्रेडिंग कर दी जायेगी सत्ताईसवीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में तीस बच्चों की परियोजनाओं को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए चयनित किया गया है बिहार काउंसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर अरूण कुमार ने बताया कि अब ये बाल वैज्ञानिक सत्ताईस से तीस दिसम्बर को केरल के तिरूअनंनतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में अपनी परियोजना का प्रदर्शन करेंगे कूच बिहार क्रिकेट टूर्नामेंट के अंडर नाईनटीन वर्ग में बिहार ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की है ओडिशा के कटक में सिक्किम के खिलाफ खेले गये अपने पहले मैच में बिहार की टीम ने एक पारी और एक सौ तेईस रनों से जीत हासिल की बिहार ने सिक्किम को पहली पारी में एक सौ उनसठ और दूसरी पारी में एक सौ उनासी रनों पर समेट दिया इस मैच में बिहार की ओर से पीयूष कुमार ने दोहरा शतक लगाया बिहार की टीम अपना अगला मैच उनतीस नवम्बर को मणिपुर के खिलाफ खेलेगी बेगूसराय में वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय एकलव्य खेल कूद प्रतियोगिता सम्पन्न हो गया तीरंदाजी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में जमुई के बहादुर मरांडी ने पहला स्थान प्राप्त किया वहीं कबड्डी के बालक वर्ग में भागलपुर और बालिका वर्ग में बेतिया की टीम विजेता बनी विजेताओं के बीच श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा और राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा ने पुरस्कारों का वितरण किया लखीसराय के पूर्व विधायक फूलेना सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है फूलेना सिंह पर अपने चचेरे भाई की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप है बहुचर्चित नवरूणा हत्याकांड मामले में सीबीआई की टीम आज मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंचल निरीक्षक मनोज कुमार से पूछताछ करेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात और महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रकाशित करते हुये लिखा है न्यायपालिका के लिए मील का पत्थर है अयोध्या फैसला महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद चल रही खींचतान को हिन्दुस्तान ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुये लिखा है दिल्ली से मुम्बई तक मोर्चेबंदी में जुटे दल प्रभात खबर की सुर्खी है दिसम्बर से शुरू हो सकती है म्यूटेशन में ऑनलाईन सुधार की सुविधा दैनिक भास्कर ने लिखा है मुजफ्फरपुर में मुथूट लूटने वाले विकास झा गैंग ने ही हाजीपुर में लूटा सोना राष्ट्रीय सहारा लिखता है खतरनाक स्तर पर पहुंचा राजधानी पटना का प्रदूषण दैनिक आज की सुर्खी है पेट्रोल के दाम आज तीसरे दिन भी बढ़े

तीस अक्टूबर से प्रभावी होगा आदेश

सिक्किम को एक पारी और एक सौ तेईस रनों से किया पराजित